कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया प्रदेश में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द केन्द्र सरकार ने समी राज्यों से कहा राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को छूट दी जाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्चस्तरीय सत्र को वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे श्री मोदी नार्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ समापन समारोह में भाषण देंगे इस उच्चस्तरीय सत्र में सरकार निजी क्षेत्र सिविल सोसाइटी और बुद्दिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं इस वर्ष का विषय है कोविड नाइन्टीन उपरांत बहुफ्कवाद पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस सत्र में बहुफ्कवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा होगी इस दौरान सशक्त नेतृत्व प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के बारे में तौर तरीकों का पता लगाया जायेगा सत्रह जून को वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन तथा संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समग्र रणनीति तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपदों के नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करें लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सम्बंधित जिलों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान की नियमित निगरानी करें उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान के दौरान छिड़काव और फॉगिंग अनिवार्य रूप से कराए जाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी झांसी कानपुर नगर और प्रयागराज जिलों में विशेष बरतने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में समुचित सर्विलांस के लिए अधिकारियों को एक लाख टीमें गठित करने का निर्देश दिया है लखनऊ में बीती रात समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ जैसे प्रमुख संस्थानों के निदेशकों और वरिष्ठ चिकित्सकों का एक विशेष दल भी गठित किया जाए जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगायी जा सके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस में तीस प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगी उन्होंने कहा कि कक्षा पाठ्यक्रम और चैप्टर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सहायता से माहवार सालाना शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा यह पाठ्यक्रम जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि तीस प्रतिशत कम होने के बाद बचे हुए सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम को भी तीन भागों में बांटा जाएगा इसमें पहले भाग को ऑनलाइन माध्यम से या दूरदर्शन की मदद से छात्रों को पढ़ाया जायेगा दूसरे भाग को छात्र स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ सकेंगे वहीं तीसरे और अंतिम भाग को प्रोजेक्ट वर्क के जरिए पूरा किया जा सकेगा कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की समी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल कहा कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं तीस सितम्बर तक ऑफलाइन ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम से पूरी की जाएंगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश परिवहन निगम के तेरह बस स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अवध बस स्टेशन की पच्चीस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के दौरान परिवहन निगम ने सैंतीस लाख श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है इसके लिए उन्होंने प्रदेश परिवहन निगम के कार्मिकों को बधाई दी मुख्यमंत्री ने जिन नवनिर्मित बस स्टेशनों का लोकार्पण किया उनमें चित्रकूट नैमिषारण्य सीतापुर रूधौली बस्ती मनकापुर गोण्डा डिबाई बुलन्दशहर और लखनऊ का अवध बस स्टेशन शामिल हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने कन्नौज जिले के गुरसहायगंज जालौन मुरादाबाद के कांठ औरैया के दिबियापुर एटा जिले के अलीगंज जौनपुर जनपद के बदलापुर और कौशाम्बी के चायल बस स्टेशन का शिलान्यास भी किया देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या छह लाख बारह हजार आठ सौ पंद्रह हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड बीस हजार सात सौ तिरासी लोग स्वस्थ हुए फिलहाल देश में कुल तीन लाख इकत्तीस हजार एक सौ छियालीस मरीजों का इलाज चल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बत्तीस हजार छः सौ पन्वानबे लोग संक्रमित हुए और छः सौ छः लोगों की मौत हुई इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या चौबीस हजार नौ सौ पंद्रह हो गई है उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार तिरासी लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई यह राज्य में एक दिन में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है प्रदेश में छब्बीस हजार छह सौ पचहत्तर मरीज अब तक बीमार से स्वस्थ हुए हैं फिलहाल राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पंद्रह हजार सात सौ बीस है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में निरन्तर वृद्वि की जा रही है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददातों को बताया कि एक दिन पूर्व राज्य में अड़तालीस हजार छियासी नमूनों की जांच की गयी जो एक दिन में जांच की सर्वाधिक संख्या है उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक तेरह लाख पच्चीस हजार तीन सौ सत्ताईस कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीमांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचायी गयी है ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सड़कों का निर्माण निरन्तर जारी है गोरखपुर में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकटकाल में सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है मनरेगा के तहत वृहद स्तर पर काम उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग करायी गयी है श्री ट्विवेदी ने कहा कि अब प्रदेश सरकार के पास राज्य के कूशल कामगारों का डाटाबेस तैयार है उन्होंने कहा कि इसका उपयोग समी को आवश्यकतानुसार कार्य देने के लिए किया जा रहा है